मंडी जिले के सिराज निर्वाचन क्षेत्र में आज भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनाव किसी के निजी अहम को संतुष्ट करने के बजाए मंडी की जनता के सम्मान और स्वाभिमान का चुनाव बन चुका है जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व नीति और नीयत के अभाव में पहले से ही बिखरी हुई थी और अब अवसरवादियों द्वारा आर्थिक संसाधनों के दम पर टिकट हासिल करने से इस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट चुका है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल में हर क्षेत्र का विकास सुनिश्चित किया है और केन्द्र सरकार ने भी हिमाचल को पर्याप्त सहायता दी है जयराम ठाकुर ने कहा कि विकास के मुद्दे पर ही भाजपा चारों लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी

दोनों राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन व बैठकें आयोजित कर उन्हें चुनाव संबंधी टिप्स देने के अलावा लोगों से रूबरू हो रहे हैं इसी कड़ी में शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने आज सोलन में भाजपा महिला मोर्चा सम्मेलन को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने केन्द्र व प्रदेश सरकार की नीतियों का उल्लेख करते हुए महिलाओं से चुनाव में सहयोग का आग्रह किया शांडिल शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कर्नल धनीराम शांडिल ने भी अपने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है उन्होंने आज सोलन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की एक बैठक की और कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने संबंधी रणनीति बनाई उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकास के नाम पर जनता के बीच जा रही है जबकि केन्द्र सरकार की कई योजनाएं अभी तक धरातल पर नहीं उतरी हैं धनीराम शांडिल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में उत्साह है और चुनाव में एकजुटता के साथ प्रचार किया जा रहा है

भूकंप जैसी आपदा के बेहतर प्रबंधन को लेकर मंडी में एक जागरूकता रैली निकाली गई जिसे उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने हरी झण्डी दिखाई उन्होंने जिले के विभिन्न हिस्सों में प्रशासन द्वारा ऐसे ही जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए बिलासपुर में मैमोरी वॉक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त विवेक भाटिया ने की इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को आपदा के समय बचाव कार्यों के बारे जागरूक किया गया इस दौरान एक जागरूकता रैली भी निकाली गई कुल्लू में भूकंप पर जागरूकता के लिए पैदल मार्च निकाल कर लोगों को भूकंप से बचाव की जानकारी दी गई शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से मैमोरी वॉक को उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने रवाना किया

घायलों में दो की हालत गंभीर बताई जा रही है कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि घायलों को कुल्लू अस्पताल में दाखिल करवाया गया है उधर किन्नौर जिला की कल्पा तहसील के शयासो खड्ड के समीप एक कार के गहरी खाई में गिरने से दो लोगों की मृत्यु हो गई है जबकि दो अन्य घायल हुए हैं मांग चंबा जिले की पांगी घाटी के अजोग गांव में चंद्रभागा नदी पर बना पुल पिछले कई सालों से क्षतिग्रस्त है जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है छौऊ अजोग के वार्ड पंच देवराज राणा ने बताया है कि इस संबंध में जिला प्रशासन और सरकार को भी कई बार अवगत करवाया गया है मगर कोई उचित कदम नहीं उठाया गया उन्होंने पुल को जल्द ठीक करवाने की मांग की ताकि स्थानीय लोगों को आवाजाही में सुविधा मिल सके ग्रीन हिमाचल हिमाचली संस्कृति व महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इनरव्हील क्लब शिमला द्वारा शिमला के गेयटी थिएटर में कल ग्रीन हिमाचल पेजेंट का आयोजन किया जाएगा

इस अवसर पर ग्रीन हिमाचल क्वीन ग्रीन हिमाचल ट्रैडिशनल क्वीन और डायनमिक पर्सनैलिटी जैसी प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी